रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाना चाहता है शांतिपूर्ण तरीके से लेकिन देश की एक इंच भूमि पर भी किसी को नहीं कैरने दिया जाएगा कब्जा

प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ कल से शुरू होगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान

असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयादशमी पर्व आज मनाया जा रहा है श्रद्वा के साथ कोरोना महामारी के कारण नहीं हो रहे है रावण दहन के बड़े आयोजन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

आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में अपने सम्बोधन में श्री मोदी ने सभी लोगों से कहा कि वे वोकल फॉर लोकल का संकल्प ध्यान में रखें प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनियाभर में भारतीय उत्पादों को बहत ज्यादा पसन्द किया जा रहा है उन्होंने खादी का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे अनेक उत्पाद है जिनमें विश्व स्तरीय बनने की क्षमता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान खादी के बने मास्क काफी लोकप्रिय हुए हैं देश में कई स्थानों पर स्वयं सहायता समूहों ने खादी के मास्क बनाए हैं प्रधानमंत्री ने युवा पीढ़ी से देश की परम्परागत युद्ध कलाओं को जानने और सीखने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने लोगों से उन बहाद्र सैनिकों को याद रखने को भी कहा जो सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं उन्होंने कहा कि हमें त्योहारों पर एक दिया भारत माता के वीर सपूतों के सम्मान में भी जलाना चाहिए प्रधानमंत्री ने उन परिवारों के त्याग को भी नमन किया जिनके बेटे बेटियां सरहद पर तैनात हैं

ये दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने देश की एकता की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए विविधता में एकता का संदेश देते हुए श्री मोदी ने कहा कि ज्योर्तिलिंग और शक्तिपीठ जैसे धार्मिक स्थलों की कड़ी भारत को एक सूत्र में पिरोती है

रक्षा मंत्री ने आज दार्जिलिंग में सुकना युद्ध स्मारक में थलसेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे और सैनिकों के साथ शस्त्र पूजा के बाद यह बात कही उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे तनाव को समाप्त कर शांति स्थापित करना है दूसरे देश द्वारा नापाक हरकते किए जाने के बारे में श्री सिंह ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की एक इंच जमीन भी किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे

श्री नड्डा ने अजमेर और भरतपुर में बनने वाले पार्टी कार्यालयों का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड रोगियों की मृत्यु दर घटकर एक दशमलव पांच एक प्रतिशत रह गई है

चयनित संदेशों को आगामी ब्रलेटिनों में शामिल किया जाएगा

इस दौरान दूध मावा पनीर मिठाइयों और दूध से बने अन्य उत्पादों के अलावा आटा बेसन खाद्य तेल तथा घी सुखे मेवे मसालों बाट और माप की जांच को प्राथमिकता दी जाएगी इस राज्यव्यापी अभियान के संचालन और प्रबंधन के लिए उच्च अधिकारियों का कोर ग्रुप बनाया गया है जांच दल जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित दुकानों और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूने लेंगे

विभाग के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इस सुविधा के बाद ग्रामीणों को सोनोग्राफी करवाने के लिए शहरों में नहीं जाना पड़ेगा उन्होंने बताया कि चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को सोनोग्राफी करने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा

जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है

यह कार्य आधुनिक सूचना तकनीक के माध्यम से किया जाएगा खनन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में खनन गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन तकनीक कारगर सिद्ध हो सकती है कुछ अन्य राज्यों में इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है श्री अग्रवाल ने आज सचिवालय में इस संबंध में बैठक कर खनन कार्यो की मॉनिटरिंग के लिए आध्निक तकनीक के उपयोग पर चर्चा की उन्होंने बताया कि अवैध खनन की रोकथाम और खनन कार्य में सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है अवैध खनन और निकासी पर आध्निक साधनों से ही प्रभावी तरीके से निगरानी रखी जा सकती है

कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष प्रदेश में दशहरे पर बड़े आयोजन नहीं हो रहे है रावण के विशालकाय पुतलों का दहन भी नहीं किया जा रहा है इसके स्थान पर छोटे स्तर पर ही रावण दहन के कार्यक्रम रखे गये हैं इससे पहले नवरात्रि अनुष्ठान दुर्गा पूजा समापन के साथ घर घर में कन्या पूजन भी किया गया मंदिरों में कोरोना दिशा निर्देशों की पालना के साथ ही श्रद्दालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है धार्मिक आयोजन भी सुरक्षा उपायों के साथ किए जा रहे है झालावाड़ के झालरापाटन स्थित सूर्य मंदिर में विजयादशमी पर्व पर परम्परा के अनुसार ध्वज पताका फहराई गई इस बार वहां रावण दहन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहे है सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता मंदिर में आज बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं ने दर्शन किए भरतपुर के राज राजेश्वरी मंशा देवी और अन्य मंदिरों में भी भक्तों ने दर्शन किए कोटा का प्रसिद्ध दशहरा मेला इस बार आयोजित नहीं हो रहा है हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं हो रहे है सिरोही बूंदी टोंक जिलों से भी महानवमी और विजयादशमी पर्व श्रद्वा के साथ मनाए जाने के समाचार मिल रहे है इस अवसर पर करौली में शस्त्र पूजन भी किया गया भरतपुर में हर साल दशहरे पर होने वाला कुश्ती दंगल इस बार आयोजित नहीं किया गया कुश्ती दंगल की सैकड़ों वर्ष पुरानी परम्परा का निर्वहन करने के लिए औपचारिक रूप से कृश्ती करवाई गई

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि सत्य एवं सदाचार के मार्ग पर चलकर बुराई को पराजित किया जा सकता है हम सभी को समाज में समरसता और भाईचारा बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए